प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य में निर्मित नमामि गंगे के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इकाइयों और स्नान घाटों का करेंगे लोकार्पण

प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रम्ख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे

अंडरपास न बनने से स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड वर्ष में दो बार होती है इसकी तैयारियां करीब एक सप्ताह पहले श्रू हो जाती हैं इसलिए हाईवे को रोजाना किसी न किसी कारण से बंद कर दिया जाता है जिस दिन आइएमए की परेड होती है उस दिन कई घंटे तक हाईवे यातायात डायवर्ट रहता है इस कारण बड़ी संख्या में वाहन वैकल्पिक से निकलते हैं वहीं सामान्य दिनों में भी कैडेट्स की आवाजाही के दौरान कई बार वाहनों को रोका जाता है

अब हाईवे पर टनल निर्माण के बाद वाहन टनल से ग्जरेंगे वहीं ऊपर की सड़क आईएमए के लिए रहेगी

उन्होंने कहा कि वैक्सीन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रदान की जानी चाहिए दैनिक जीवन में उचित पोषण और अन्शासन की भूमिका के विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खराब पोषण की आदतें लोगों विशेषकर य्वाओं के स्वास्थ्य को न्कसान पहुंचा रही हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे सेरो सर्वेक्षण से संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में हई बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य को ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस के अंतर्गत जिला स्तर के बिजनेस रिफॉर्म नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना या समाप्त किया जाना वन नेशन वन राशन कार्ड शहरी निकायों के स्दृढ़ीकरण से संबंधित रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स इस साल तक करने होंगे म्ख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने विभागों से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिये इसके लिए उन्होंने ठोस एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है उन्होंने हर जिले में फॉरेस्ट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर निय्क्त करने के निर्देश दिए ताकि फॉरेस्ट लैंड के मामलों के निस्तारण में तेजी आये

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्ले स्कूल हॉस्टल की स्थापना शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाईन पोर्टल कार्यो में तेजी लायी जाए

हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है

एसटीपी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य में निर्मित नमामि गंगे के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इकाइयों और स्नान घाटों का लोकार्पण करेंगे

गंगा को प्रद्रषण मुक्त करने के लिए मोक्ष घाट भी बनाए गए हैं यह परियोजना राज्य में लगभग पूरी हो चुकी है इस संबंध में आज हरिद्वार में उच्च अधिकारियों ने दौरा करके सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया

यहां जगह जगह सुंदर घाट भी बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को स्नान घाटों की स्विधा मिल सके इसके अलावा इन स्थानों पर मोक्ष घाट भी बनाए गए हैं ताकि गंगा किनारे मृतकों के होने वाले अंतिम संस्कार से गंगा में प्रद्षण ना हो और इन घाटों पर लोग मृतकों का अंतिम संस्कार कर सके पंतनगर किसान सेवा पंतनगर के वैज्ञानिक व्हाट्स एप ग्र्प पर पंतनगर किसान सेवा के माध्यम से किसानों की फसलों से ज्ड़ी समस्याओं समाधान कर रहे हैं

इस ग्रुप में देश के विभिन्न राज्यों से किसान जुड़े हुए हैं किसान अपनी खेती बाड़ी बागवानी डेरी और कृषि से जुड़े तमाम परेशानियों को फोटो सहित भेजता है जिसका संबंधित वैज्ञानिक समाधान करते हैं पंतनगर किसान सेवा से जुड़े किसानों का कहना है कि यह व्हाट्सएप ग्रुप किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है इससे बागवानी पशुपालन खेती बाड़ी में काफी फायदा पहुंच रहा है